अब तक तीन सौ चालीस उम्मीदवारों ने किया नामांकन

भाजपा ने अपने पैंतीस उम्मीदवारों की चौथी और अंतिम सूची जारी की

कोविड उन्नीस संक्रमितों का आंकड़ा लगभग दो लाख हुआ पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

दूसरे चरण के लिए कल नामांकन की अंतिम तिथि है दूसरे चरण के लिए सभी प्रमुख दलों ने अपने उम्मीदवारों की नामों की घोषणा कर दी है कल तक दूसरे चरण के लिए तीन सौ चालीस उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने वैशाली जिले के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन भरा है नामांकन दाखिल करने वाले दूसरे प्रमुख उम्मीदवारों में राज्य सरकार के पूर्व मंत्री और उजियारपुर से राजद के उम्मीदवार आलोक कुमार मेहता चेरिया बरियारपुर से जदयू के उम्मीदवार कुमारी मंजू वर्मा बैंकुंठपुर से राजद उम्मीदवार प्रेम शंकर यादव मध्रबनी से वीआईपी के उम्मीदवार सुमन महासेठ तेघड़ा से जदयू के बीरेन्द्र महतो दीघा से भाजपा के संजीव चौरसिया और कुम्हरार से अरूण कुमार सिन्हा शामिल हैं जदयू के उम्मीदवार और दिवंगत सांसद बैद्यनाथ प्रसाद महतो के पुत्र सुनील कुमार कुशवाहा ने बाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के होने वाले उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया तीसरे चरण के लिए अब तक उन्नीस लोगों ने नामांकन किये हैं तीसरे चरण के लिए नामांकन की अंतिम तिथि बीस अक्टूबर है पहले चरण के लिए अट्ठाईस अक्टूबर को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार में तेजी आ गयी है सभी दलों के प्रमुख नेता अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार में जूट गये हैं भाजपा क राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड़डा आज रोहतास और औरंगाबाद में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे जदयू अध्यक्ष और मख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज जमुई के चकाई और पटना के पालीगंज में सभा को संबोधित करेंगे इसके पूर्व श्री कुमार ने एक चुनावी सभा में कहा कि सत्ता में फिर वापस आयें तो इंटर पास छात्राओं को पच्चीस हजार और स्नातक पास छात्राओं को पचास हजार रूपये सरकार देगी भाजपा क वरिष्ठ नेता और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राजद ने उम्मीदवारों के चयन में बाहुबलियों और दागियों को प्राथमिकता दी है उधर नवगठित प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन पीडीए ने पूर्व सांसद पप्पू यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है पीडीए की बैठक के बाद श्री यादव ने कहा कि सबको रोजगार और सबकी सुरक्षा पीडीए की प्राथमिकता में शामिल है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर चुनाव रैलियां करेंगी बसपा प्रमुख मायवती भी इन सभाओं को संबोधित करेंगी लोजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पन्द्रह सदस्यीय चुनाव अभियान समिति का गठन किया है जिसमें भाजपा से लोजपा में आये राजेन्द्र सिंह और रामेश्वर चौरसिया को शामिल किया गया है इधर भाकपा माले के चुनाव अभियान की शुरूआत करते हुए महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी के घोषणा पत्र में भूमि और आवासहीन परिवारों को जमीन उपलब्ध कराया जायेगा विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए सुरक्षाबलों की तैनाती की जा रही है इस चरण में सोलह जिलों के इकहत्तर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अठाईस अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे पहले चरण की अधिकतर सीटें नक्सल प्रभावित हैं केन्द्रीय अर्द्वसैनिक बल मतदाताओं में विश्वास बहाली के लिए गश्त लगा रहे हैं झारखण्ड से सटे इलाकों में तलाशी अभियान जारी है बिहार और झारखण्ड पुलिस संयुक्त अभियान चला रही हैं चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद निगरानी दल और उडन दस्ते स्थिति पर नजर रखे हुए हैं विभिन्न एजेंसियों द्वारा लगभ दस करोड रूपये नकद जब्त किये गये हैं उधर राज्य भर में अब तक प्रशासन ने करीब बासठ हजार शस्त्र लाईसेंसों को सत्यापित किया है जिसमें से दो हजार एक सौ इक्कीस लाईसेंस को रद्द कर दिया गया है प्रशासन ने अब तक वाहन चेकिंग के दौरान करीब सोलह करोड़ रूपये की वसूली की है विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तीसरे चरण के लिए पैंतीस उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की बगहा के विधायक राघव शरण पांडेय रक्सौल से अजय कुमार सिंह और बथनाहा से दिनकर राम इस बार टिकट पाने से वंचित रह गये हैं पार्टी ने राज्य के कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि को बनमनखी से विनोद नारायण झा को बेनीपट्टी से तथा सुरेश कुमार शर्मा को मुजफ्फरपुर से टिकट दिया है जबकि दिवंगत मंत्री विनोद कुमार सिंह की पत्नी निशा सिंह को प्राणपुर से उम्मीदवार बनाया गया है वहीं छातापुर से नीरज कुमार सिंह बबलू रामनगर से भागीरथी देवी नरकटियागंज से रश्मि वर्मा बथनाहा से अनिल राम नरपतगंज से जय प्रकाश यादव और हायाघाट से रामचन्द्र शाह को उम्मीदवार बनाया है उधर कांग्रेस ने भी दूसरे और तीसरे चरण के उम्मीदवारों के नामों पर सहमति दे दी है हालांकि पार्टी ने आधिकारिक रूप से अभी उम्मीदवारों की कोई सूची नहीं जारी की है बताया जा रहा है कि पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र लव सिन्हा बांकीपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे जबकि पूर्व कोन्द्रीय मंत्री शरद यादव की पुत्री सुभाषिनी मधेपुरा जिले को बिहारीगंज सीट से कांग्रेस उम्मीदवार होंगी इसके अलावा पार्टी की चयन समिति ने कुशेश्वरस्थान से अशोक कुमार बेगूसराय से अमिता भूषण बेतिया से मदन मोहन तिवारी महाराजगंज से विजय शंकर दूबे और बेलदौर से चंदन यादव के नाम पर सहमति जता दी है कांग्रेस आज उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है आदर्श आचारसंहिता उल्लंघन के आरोप में अब तक एक सौ तिरपन लोगों के खिलाफ विभिन्न थानों में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है चुनाव कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार इसमें पार्टी झंडा का द्रूपयोग लाउडस्पीकर अधिनियम बिना अनुमति की बैठक करने और मतदाताओं को अनुचित लाभ पहुंचाने समेत कई मामले शामिल हैं नवादा जिले में गोविंदपुर की जदयू उम्मीदवार पूर्णिमा यादव के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कौआकोल थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है उन पर कौआकोल में एक चुनावी कार्यक्रम में निर्धारित सीमा से अधिक भीड़ जुटाने का आरोप है विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश भर में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है नवादा में वोटरों को मतदान के प्रति प्रेरित करने के लिए जागरूकता रैली निकाली गयी गया में महिला मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है इसी क्रम में जिले में चार सौ बाईस सखी मतदान केन्द्र बनाये जा रहे हैं जहां की सभी कर्मचारी महिलाएं होंगे सीतामढ़ी जिले में मतदाता जागरूकता के लिए मेंहदी रंगोली और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और अब बात कोरोना के खिलाफ जनआंदोलन की

बच्चे भी इस बात को समझने लगे हैं और लोगों से कोरोना से बचाव को लेकर सतर्क रहने का आग्रह कर रहे हैं सुनते हैं पटना निवासी अलीना की अपील

प्रोफेसर कुमार ने कहा कि हम सभी को इस संक्रमण से बचाव के लिए उन उपायों पर अमल करते रहना होगा

जब भी दो लोग मिलें तो दो गज की दूरी जरूर मेंटेन करें और मैं कहना चाहंगी कि मास्क वाश एंड दूरी ये तीनों है जरूरी कोरोना वायरस इफेक्शन से बचने के लिए प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के एक हजार तीन सौ छब्बीस नए मामले सामने आये है इसके साथ ही राज्य में अब तक पॉजिटिव हुए लोगों की संख्या बढ़कर एक लाख निन्यानवें हजार पांच सौ उनचास हो गई है स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि पटना जिला ने संक्रमण की तेज रफ्तार को बरकरार रखा और यहां तीन सौ एक पॉजिटिव मिले इसके बाद अररिया और कटिहार में इक्यासी इक्यासी सुपौल में तिरपन मधेप्ररा में बावन पूर्वी चंपारण और पूर्णिया में छियालीस छियालीस नालंदा में बयालीस और मुंगेर में इकतालीस नये मामले सामने आये हैं उधर प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर चौरानवे दशमलव दो एक प्रतिशत हो गयी है अब तक एक लाख सतासी हजार से अधिक रोगी स्वस्थ हो चूके हैं वहीं इस वैश्विक महामारी से अब तक राज्य में नौ सौ सड़सठ लोगों की मौत हुई है देश में आज से सिनेमाहॉल थियेटर और मल्टीप्लेक्स पचास प्रतिशत क्षमता के साथ खुल जायेंगे लेकिन कंटेनमेंट वाले क्षेत्रों में इनमें फिल्मों के प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार थियेटरों सिनेमाहॉल और मल्टीप्लेक्सों में दर्शकों के बीच पर्याप्त सुरक्षित दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा

समी आगंतुकों और कर्मचारियों द्वारा कम से कम छह फीट की प्राप्त शारीरिक दूरी फेस मास्क के उपयोग और सांस लेने से संबंधित बातों का कडाई से पालन किया जाना जरूरी होगा थूकने पर रोक रहेगी समी प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यक्स्था होगी और केवल उन्हीं लोगों को परिसर में अनुगति होगी जिनमें बिमारी के कोई लक्षण नहीं होंगे समी प्रवेश द्वारों और कार्य क्षेत्रों में राथ को सेनेटाइज करने की व्यवस्था होगी मध्यान्तर के दौरान सामान्य क्षेत्रों लॉबी और वॉरारूम में अधिक भीड़ से बचने के प्रबंध किए जाएंगे इसके अलावा सिनेमाघरों थियेटर और मल्टीप्लेक्स को स्क्रीनिंग के बाद साफ किया जाएगा आनंद कुमार के साथ भूपेन्द्र सिंह आकाशवाणी समाचार दिल्ली इधर प्रदेश में इस संबंध में दिशा निर्देश जारी नहीं होने के कारण सिनेमा हॉल स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थान फिलहाल नहीं खुल पायेंगे बिहार राज्य सर्तकता अन्वेषण ब्यूरो ने पश्चिम चंपारण जिले में बेतिया सिविल सर्जन कार्यालय में कार्यरत प्रधान लिपिक कुमार शंभू शरण सिंह को उनचास हजार पांच सौ रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया है आज के सभी समाचार पत्रों ने विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए भाजपा उम्मीदवारों की सूची जारी किये जाने को प्रमुख सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने इस खबर का शीर्षक लगाया है भाजपा ने उतारे आठ नये चेहरे इसी अखबार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को सुर्खी बनाते हुए लिखा है केन्द्र दिवाली से पहले मोरेटोरियम पर छूट लागू करे दैनिक जागरण ने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकार्ड से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है तीस फीसद प्रत्याशियों पर दर्ज आपराधिक मामले दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुनावी सभा में की गयी घोषणा को शीर्षक बनाते हुए लिखा है इंटर पास बेटियों को पच्चीस हजार और स्नातक पास को पचास हजार मिलेंगे प्रभात खबर ने भवन निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की कीमत बढ़ने को शीर्षक बनाते हुए लिखा है ईंट और बालू दो हजार रूपये तक महंगे हुए

अब तक तीन सौ चालीस उम्मीदवारों ने किया नामांकन

भाजपा ने अपने पैंतीस उम्मीदवारों की चौथी और अंतिम सूची जारी की

कोविड उन्नीस संक्रमितों का आंकड़ा लगभग दो लाख हुआ